हालांकि कांग्रेस भाजपा से कुछ सीटों के साथ आगे चल रही है

वही कांग्रेस के भी कई बड़े नेता पराजित

रूझान प्रदेश स्तर मध्यप्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है रुझानों और नतीजों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है वहीं मध्यप्रदेश में भाजपा और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला अभी भी जारी है उधर तेलंगाना में टीआरएस प्रचण्ड बहुमत की ओर बढ़ रही है तो मिजोरम में भी मिजो नेशनल फ़ण्ट एमएनएफ की सरकार बनती हुई दिख रही है

इसमें से चार पर भाजपा और एक पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है छत्तीसगढ़ के रुझान और नतीजों में एक्जिट पोल के उलट कांग्रेस साठ से अधिक सीटों के साथ बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि भाजपा जनादेश का सम्मान करती है कांग्रेस को बधाई देते हए श्री सिंह ने कहा कि उम्मीद है कि कांग्रेस अपने वादे पूरे करेगी वहीं राजस्थान में कांग्रेस एक सौ दो सीटों पर बढ़त बनाये हुए है एक सौ उन्नीस विधानसभा सीटों वाले तेलंगाना में टीआरएस नवासी सीटों पर आगे है यहां कांग्रेस टीडीपी गठबंधन को बाइस सीटें मिलती हुई दिख रही हैं

छतरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी ने भाजपा की अर्चना सिंह को लगभग साढ़े तीन हजार मतों से पराजित किया

गुना जिले की चंदेरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह चौहान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के भूपेन्द्र द्विवेदी को लगभग साढ़े चार हजार मतों से पराजित किया

रतलाम जिले के आलोट विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के पूत्र जीतेन्द्र गहलोत को कांग्रेस के मनोज चावला ने हराया मंदसौर जिले की मनासा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिरुद्ध मारू ने कांग्रेस के उमराव सिंह गूर्जर को पच्चीस हजार नौ सौ से अधिक मतों से हराया

वहीं पांच सीटों पर वह बढ़त बनाये हुए है जबकि एक सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उम्मीद्वार आगे चल रहा है

देवास जिले के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के आशीष शर्मा ने कांग्रेस के ओम पटेल को सात हजार सात सौ से अधिक मतों से हराया

लेकिन मुरैना से भाजपा के मंत्री रुस्तम सिंह चुनाव हार गये हैं इसके अलावा राज्य मंत्री ललिता यादव छतरपुर के बड़ा मलहरा से दमोह से जयंत मलैया और लालसिंह आर्य पीछे चल रहे हैं दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े नामों में से नेता प्रतिपक्ष राहुल सिंह चुरहट विधानसभा सीट से पीछे चल रहे थे भोजपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के नेता सुरेश पचौरी चुनाव हार गये हैं

कमलनाथ प्रदेश के मिल रहे रुझानों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस स्पष्ट बहमत हासिल करेगी वहीं कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरोसा जताया कि कांग्रेस स्पष्ट बहमत से सरकार बनायेगी श्री सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि जनादेश बदलाव का स्पष्ट संकेत दे रहा है उन्होंने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मतगणना से मिल रहे रुझानों पर कहा कि पार्टी पूरे परिणाम का इंतजार कर रही है उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा चौथी बार प्रदेश में सरकार बनायेगी